बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने राज्य के जनजातीय समुदायों की चिंताओं को उठाते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार सोलह बाद में नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस के रुप में चिन्हित का स्पष्ट रुप से विरोध करता है मुख्यमंत्री ने राज्य की जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता और उत्क विधेयक में मजब्रत सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करने की आवश्यकता की अपील की बैठक में सांसद किरेन रिजिजू तापिर गांव उपमुख्यमंत्री चाउना मैनकई पार्टियों के प्रतिनिधियों और हितधारक मौजूद थे मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा कि अरुणाचल जय हिंद राज्य के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां यह नारा आमतौर पर सुनाई देते रहते है उन्होंने कहा कि अरुणाचल में भले ही विकास पूरी तरह ना पहुंचा हो लेकिन देशभक्ति की भावना यहां के लोगों के नस नस में भरा पड़ा है ये बात श्री खाण्ड्र ने कल मसूरी में लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में आइ ए एस अधिकारियों के लिए आयोजित मिड केरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कहा कि देशभर में विभिन्न क्षेत्रों जाति और पंथ से आई ए एस अधिकारी तैनात किए जाते है और वे देश को एकजुट बांधे रखने में अहम भूमिका निभा सकते है श्री खाण्डू ने कहा कि सरदार पटेल ने एक बार आई ए एस को देश की सरकारी मशीनरी का स्टील फ्रेम कहा था और इसलिए आई ए एस की भूमिका और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है भाषण के बाद प्रश्न और उत्तर सत्र रखा गया था जहां युवा प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री से अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न किए राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने कहा कि राज्य विधानसभा जल्द ही एक ई प्रस्तकालय खोलेगी जहां बिना फीस के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और साथ ही राज्य के समृद्ध कलाकृतियों और परंपरा को दर्शाता एक संग्रहालय भी खोला जाएगा वे कल ईटानगर में डी के कंवेंशन सेटर में आयोजित द्रसरा अरुणाचल साहित्यिक उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने युवाओं के बीच पढ़ने की आदत को डालने की आवश्यकता पर जोर देते हुए युवाओं को जोड़ने के लिए साहित्यिक गतिविधियों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रीत करते हुए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने को कहा

ईटानगर में कल दोनो योजनाओं पर हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के अंदर चौबीस अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है राज्य में तीन और राज्य से बाहर इक्क्सी अस्पताल को अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने राज्य के नीजि अस्पतालों को योजना में शामिल होने और जरुरतमंद लोगों की सेवा करने का आह्वान किया

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सोशल मीडिया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है इस पर विचार करने के लिए राज्यसभा सांसदों का अनौपचारिक समूह गठित करेगी नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने चिंता व्यक्त की कि सोशल मीडिया पर ऐसी प्रवृति से बच्चे गुमराह हो रहे हैं और हमारी वर्षों पुरानी परिवार प्रणाली के अवमूल्यन होना भारतीय मूल्यों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भी दिखती है

भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो ने फर्जी खबरों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालय से संबंधित समाचारों की पुष्टि के लिए विशेष जांच इकाई गठित की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफॉर्म से मिली संदिग्ध सामग्री का स्नैपशॉट लेकर ई मेल करने और इसकी समुचित पुष्टि करने को कहा है

आकाशवानी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई में कैजुल असाइनमेंट के आधार पर न्यूज एडिटर इंग्लिश न्यूज रीडर इंग्लिश और न्यूज रीडर कम ट्रांस्लेटर हिंदी की नौकरी के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छूक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते है